प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रें स के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रे सिंग के माध्यम से शामिल होंगे इस योजना का उद्देश्य राज्यों में लौटे मजदूरो और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिनों के इस अभियान को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा यह अभियान बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड और ओडीसा के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा है इधर राज्य के गिरिडीह हजारीबाग और गोड़ड़ा जिले को इस अभियान के लिए चुना गया है ये सभी जिले आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने इन तीनों जिलों के उपायुक्त को इस अभियान के सिलसिले में आवश्यक निर्देश दे दिए हैं गिरिडीह जिले के उपायुक्त ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को उनकी कौ शल क्षमता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा झारखंड उच्च न्यायालय ने जलस्रोतों के संरक्षण को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी सरकार से मांगी है मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश एसएन प्रसाद की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र के संरक्षण बचाव और अति क्र मण मुक्त करने र्क लिए बनाई गई पॉलिसी की जानकारी दे अगर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी है तो जल्द से जल्द बनाने की दि शा में कदम उठाए जाएं अदालत ने इस मामले में नगर विकास विभाग को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया इस मामले पर अगली सुनवाई सत्रह जुलाई को होगी राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान छियालीस नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि एक सौ पैतालीस सं क्र मितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छु ट्टी दे दी गई नए मरीजों में सिमडेगा जिले के इक्कीस हजारीबाग जिले के आठ रांची के छह लोहरदगा के तीन पूर्वी सिंहभूम के छह और चतरा तथा गिरिडीह से एक व्यक्ति शामिल हैं इस तरह राज्य में अब कोरोना सं क्र मित मरीजों की संख्या बढ़कर एक हजार नौ सौ सडसठ हो चुकी है जबकि ग्यारह लोगों की मौत और एक हजार तीन सौ तैतालीस सं क्र मित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में सबसे ज्यादा तिरासी कोरोना सं क्र मित मरीज पूर्वी सिंहमूम जिले में ठीक हुए हैं वहीं पाक्ड़ में चौदह कोडरमा में तेरह रामगढ़ से सात लोहरदगा में छह चतरा में पांच रांची में चार पूर्वी सिंहभूम में चार सरायकेला खरसांवा में तीन बोकारो में तीन और सिमडेगा धनबाद तथा गढ़वा जिले में एक एक मरीज को स्वस्थ होने के बाद कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई गौरतलब है कि राज्य में कोरोना सं क्र मितों की रिकवरी रेट अड़सठ दशमलव तीन सात प्रतिशत है जबकि मौत की दर मात्र शून्य दशमलव पांच पांच प्र तिशत है लखन ऊ और नागपुर स्टेशन की तर्ज पर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनर लगाई जा रही है स्टे शन में दो स्कैनर लगाए जाएंगे

इस अभियान के तहत चालीस साल से अधिक उम्र के लोगों की घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच की जा रही है इसके लिए सोलह सौ सेविका सहिया के अलावा चिकित्सा पदाधिकारी एएनएम और सीएचओ को लगाया गया है

रांची जिले में करीब छह हजार एक सौ राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश पर कराई गई जांच के बाद अ प्राप्त राशनकार्डधारियों के राशन कार्ड को रद्द करने का निर्णय जिला प्र शासन के द्वारा लिया गया है इनमें बयालीस हजार वैसे कार्डघारी हैं जिनका आधार नंबर दो राशन कार्डो में दर्ज है इसके अलावा पिछले छह माह से जिन कार्डधारियों द्वारा राशन का उठाव नहीं किया जा रहा है उनका मौतिक सत्यापन किया जा रहा है पांच हजार से ज्यादा राशन कार्ड सश्क्रिय नहीं हैं इन्हें भी डिलीट किया जाएगा

झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए कल हुए चुनाव में एनडीए से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक प्रकाश और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन निर्वाचित हुए हैं श्री प्रकाश को पहली वरीयता के इकतीस और श्री सोरेन को तीस मत मिले जबकि तीसरे उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के शाहजादा अनवर के पक्ष में अठारह मत पड़े शिबू सोरेन जहां तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं वहीं दीपक प्रकाश पहली बार झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करेंगे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा दुमका सीट छोड़े जाने और बेरमो के विधायक राजें द्र पसाद सिंह के निधन की वजह से इस चुनाव में कुल इक्कासी विधायकों में से उनासी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था वहीं मतदान के लिए झारखंड विधानसभा के नए भवन में बनाए गए मतदान के द्व परिसर में कोरोना संकट को देखते हुए मतदान प्रशिक्र या के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर विशेष एहतियात बरते गए थे विधायक सह मतदाताओं के लिए यहां थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजिंग और मास्क की व्यवस्था की गई थी

विश्व के कई भागों में अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण नजर आयेगा भारत में सूर्य ग्रहण राजस्थान हरियाणा और उ ताराखंड में देखा जा सकेगा लेह लद्दाख में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने ऑक्टिकल इं फ्रारेड और गामा रे दूरदर्शी के लिए विश्व के सबसे अधिक ऊ चे स्थानों में से एक हानले से सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्र ीमिंग के इंतजाम किए हैं इधर प्रधानमंत्री नरेन् द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पररस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर मनाना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि योग में मानसिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है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

इस दौरान कई हिस्सों में पैंसठ से लेकर एक सौ पं द्र ह मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है राज्य के ऊ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यह स्थिति पैदा हो रही है विभाग ने इस बाबत सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है तेईस से पचीस जून तक भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के वैध बिगहा में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिर पतार कर लिया है इनके पास से पुलिस ने पिस्टल क ट्टा और कारतूस बरामद किये हैं मृतक के कई सामान नकद भी हत्यारों के पास से बरामद किए गए हैं जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा थाना क्षेत्र के महराजगंज निवासी अरविन्द कुमार ठाकुर की हत्या सोलह जून की देर रात हरिहरगंज के वैधबिगहा में कर दी गयी थी राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने के आरोप में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ तार किया है एक महिला द्वारा थाने में ठगी को लेकर शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की

गुमला सदर थाना क्षेत्र के पहाड़ पनारी गांव में कल अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को घर में घुसकर गोली मार दी गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है गिरिडीह जिले में कल सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया गया इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में तीन दुकानों में छापेमारी की गई इसमें बीस क्विंटल प्लास्टिक बैग जब्त करने के साथ दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया